राज्य विधानसभा की विशेष समिति ने एससी एसटी प्रोन्नति मामले को लेकर स्पीकर को सौंपी रिपोर्ट तत्कालीन मुख्य सचिव और कार्मिक सचिव पर कार्रवाई की अनुशंसा गढ़वा जिले में मिट्टी की चाल धंसने से तीन बच्चों की दबकर मौत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

लोकसभा ने कल प्रधानमंत्री के जवाब के बाद संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की ताकि कोई समाधान निकाला जा सके उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि लोग नए कृषि कानूनों की आवश्यकता के बारे में क्यों पूछ रहे हैं जबकि किसानों ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा श्री मोदी ने कहा कि लोकसभा और केंद्र उन किसानों का सम्मान करते हैं जो कृषि कानूनों के बारे में अपनी आवाज उठा रहे हैं और इसीलिए सरकार के वरिष्ठ मंत्री किसानों से लगातार बातचीत कर रहे हैं उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि कृषि से संबंधित कानून संसद में पारित होने के बाद कोई मंडी बंद नहीं हुई है और एमएसपी भी बनी हुई है निजी क्षेत्र के महत्व के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र को बुरा भला कहने की संस्कृति मान्य नहीं है और यह देश के युवाओं का अपमान करने के समान है उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र की भूमिका दूरसंचार और फार्मा सहित प्रत्येक जगह देखी जा सकती है श्री मोदी ने कहा कि यदि भारत मानवता की सेवा करने में सक्षम है तो यह निजी क्षेत्र की भूमिका के कारण ही है उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक निवेश और नई प्रौद्योगिकी नहीं होगी उन्होंने कहा कि भारत महामारी के दौरान आत्मनिर्भर के रूप में उभरा है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब केवल मुकदर्शक नहीं बना रह सकता बल्कि उसे एक मजबूत ताकत के रूप में उभरना है राज्य विधानसभा की विशेष समिति ने एससी एसटी प्रोन्नति मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को कल अपनी रिपोर्ट सौंप दी है

रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा की गयी है कि नियम के खिलाफ प्रोन्नति पर रोक लगाने में शामिल सभी पदाधिकारियों को चिह्नित कर कानूनी कार्रवाई की जाये समिति ने तत्कालीन मुख्य सचिव और कार्मिक सचिव पर भी कार्रवाई की अनुशंसा की है चतरा जिले के टंडवा प्रखंड में नौकरी और मुआवजा समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे रैयतों के धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में कल राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख शामिल हुए मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों के साथ है और उन्हें उनका अधिकार मिलेगा उन्होंने कहा कि विस्थापित रैयतों की समस्याओं का जल्द निराकरण कर उनकी मांगें पूरी की जायेंगी श्री पत्रलेख ने कहा कि रैयतों के एक दल को मुख्यमंत्री के साथ वार्ता कराई जाएगी

सीबीआई की अदालत में लालू प्रसाद के बहुचर्चित चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले की नियमित सुनवाई फिर से शुरू हो गई है सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एके शशि की अदालत में मामले की सुनवाई चल रही है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची में कचहरी चौक से कांटाटोली चौक तक की सड़क को फोरलेन बनाने की स्वीकृति दे दी है मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है

सड़क में डिवाइडर और पक्के नाले का भी निर्माण कराया जायेगा

झारखंड में कोरोना के नये मरीजों में कमी आ रही है

गढ़वा जिले के ध्रकी थाना क्षेत्र के शारदा गांव के कोइरी टोला के तीन बच्चों की कल मिट्टी की चाल धंसने से उसमें दबकर मौत हो गयी जानकारी के अनुसार तीनों बच्चे वहां खेलने गये थे लेकिन इस दौरान चाल धंसने से तीनों बच्चों की मिट्टी दबने से मौत हो गयी घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी विनोद कमार अपने दल बल के साथ पहंचे और मिटटी की खुदाई की और शव को कब्जे में ले लिया समाचार लिखे जाने तक शव घटनास्थल पर ही पड़ा हुआ था सिमडेगा जिले में बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है भारत नेट के जरिये जिले के सभी पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है

महासंघ के प्रदेश महासचिव ने मंत्री को बताया कि कृषि विभाग के सभी कार्य राज्य के कृषक मित्रों द्वारा किये जाते हैं किन्तु उन्हें किसी तरह की पारिश्रमिक भत्ता नहीं मिलता है जिससे कृषक मित्रों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है उन्होंने कृषक मित्रों को सम्मानजनक मानदेय देने पर विचार करने का आग्रह किया मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि कृषक मित्रों के प्रति सरकार की सोच साकारात्मक है

बरामद बम को पुलिस ने निष्क्रिय कर दिया हमारे गढ़वा संवाददाता ने पुलिस के हवाले से खबर दी है कि इस क्षेत्र में माओवादी अपना फिर से प्रभाव जमाने के लिये बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे भंडरिया थाना प्रभारी लक्ष्मीकांत ने बताया कि क्षेत्र में माओवादियों के खिलाफ पिछले कई दिनों से सर्च अभियान चलाया जा रहा है अभियान का नेतृत्व एसपी श्रीकांत एस खोत्रे कर रहे थे

इसके अलावा राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश होने की भी संभावना है

कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है इसका प्रभाव रांची सहित कई जिलों में पड़ने की संभावना है

चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र के तपेज स्थित आसानी खूर्द गांव की एक विवाहिता का शव पुलिस ने जंगल से बरामद किया है

आरोपी पति फरार है

परिजनों ने कहा है कि चिकित्सक की लापरवाही से उनके बेटे की मौत हो गयी

इसमें दो सौ चौरासी करोड़ रुपये की पहली किस्त झारखंड को मिल गयी है सूखा बाढ़ व अन्य आपदाओं में यह राशि खर्च की जायेगी अखबारों की सुर्खियां राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने विधानसभा की विशेष कमिटी द्वारा स्पीकर को एससी एसटी कर्मियों की नहीं हो रही प्रोन्नति मामले से जुड़ी खबर को प्राथमिकता के साथ अपनी पहली सुर्खी बनाया है लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि सुधार कानूनों और किसान हित में दिये गये वक्तव्य को प्रभात खबर ने पहले पेज पर प्राथमिकता के साथ प्रकाशित किया है अखबार ने लिखा है किसान सरकार के साथ बैठकर चर्चा करे और समाधान निकाले दैनिक हिन्दुस्तान ने राजधानी रांची के कांके रोड में ट्रक से मार्बल उतारते समय दो मजदूरों की दबने से हुई मौत की खबर को पहले पेज पर जगह दी है दैनिक भास्कर ने हॉर्स ट्रेडिंग मामले में अनुराग गुप्ता पर दर्ज केस और निलंबन रद्द करने पर हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद सरकार से जवाब दाखिल करने संबंधि खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने लिखा है एनआईए ने खूंटी के जिलिंगकेल से बरामद किया विस्फोटक रांची एक्सप्रेस ने लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानून पर कही गयी बात को अपनी सुर्खी बनाया है अखबार ने लिखा है प्रगतिशील समाज के लिए कृषि कानून आवश्यक अंग्रेजी में प्रकाशित द टाइम्स ऑफ इंडिया ने सरकार के आदेश पर ट्विटर के पांच सौ अकाउंट पर लगायी गयी रोक की खबर को पहले पेज पर जगह दी है